कहा सेना लैंगिक समानता का सम्मान करती है बक्सर में टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान के जांच केन्द्र का उद्घाटन

पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी है न्यायालय ने इस स्थिति पर राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दायर कर शिक्षा में सुधार के लिये किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देने को कहा इस संबंध में दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया बक्सर में टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान का कैंसर डिटेक्शन सेंटर आज से काम करने लगा है राज्य का यह पहला कैंसर केन्द्र है जहां टेलीमेडिसीन के जरिये विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच करेंगे सदर अस्पताल में बने इस कोन्द्र का उद्घाटन करने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने संवाददाताओं से कहा कि विभिन्न प्रकार के कैंसर के मामलों में मरीजों को ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों का परामर्श उपलब्ध होगा साउंड बाईट इस प्रकार के ओरल कैंसर के होंगे सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर उसका प्राइमरी जांच ताकि चौथे स्टेज तीसरे स्टेज में लोग जा करके केस खराब हो जाता था पहले से अगर जांच प्रक्रिया हो जाये तो उनका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है और उनको हर प्रकार से फिर इलाज के लिये बनारस या टाटा जैसा वहां से और टेलिमेडिसिन की भी सुविधा है टाटा से भी और बनारस से भी कैंसर इंस्टीट्यूट से ओ टेलिमेडिसिन से उस पेसेंट के जो डॉक्टर होंगे वे बतायेंगे इस केन्द्र के नोडल अधिकारी और विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज चतूर्वेदी ने कहा कि केन्द्र पर जांच की सुविधा और ओपीडी सेवा भी उपलब्ध होगी उन्होंने बताया कि भाभा परमाणू अनुसंधान केन्द्र बार्क के साथ साथ कई अन्य संस्थान भी इसमें सहयोग दे रहे हैं सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा है कि सेना लैंगिक समानता का सम्मान करती है जनरल नरवणे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के आदेश से इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा सेना प्रमुख ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय सेना में किसी सैनिक के साथ धर्म जाति और लिंग को लेकर भेदभाव नहीं किया जाता उन्होंने बताया कि भारतीय सेना में उन्नीस सौ तिरानवे से ही कई स्तरों पर महिलाओं की भर्ती शुरू हो गयी थी विधानमंडल का बजट सत्र चौबीस फरवरी से शुरू हो रहा है इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद् के सभापति हारूण रशीद ने आज सर्वदलीय बैठक की विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के संचालन में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों से सहयोग की अपील की श्री चौधरी ने कहा कि बजट सत्र के दौरान कुल बाईस बैठकें होंगी सत्र के पहले दिन राज्यपाल फागु चौहान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी पच्चीस फरवरी को वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट पेश करेंगे विधानसभा अध्यक्ष ने ये भी बताया कि सत्र के पहले दिन अपराहन चार बजे से छह बजे तक सेंट्रल हॉल में विधानसभा का शताब्दी समारोह का आयोजन किया जायेगा अब सुनिये हमारी श्रृंखला हर काम देश के नाम इस श्रृंखला में हम सरकार के उन कार्यक्रमों और नीतियों का जायजा लेते हैं जिनका उद्देश्य सबके कल्याण के लिए विकास के अंतिम छोर तक पहुंचना है इक्कीस फरवरी दो हजार सोलह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक और आधारभूत विकास करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन की शुरूआत की थी

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य गांवों के समूहों में नगरी और बुनियादी सुविधाएं जुटाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर को कम करना है

गांव को क्लस्टर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और गांव में लोगों को शहरों वाली सुविधा दी जा रही है

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एच एल दत्तू ने कहा है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिये सभी बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने की आवश्यकता है श्री दत्तू ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों के बीच बेहतर तालमेल से समाज के वंचित वर्ग के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा है कि प्रदेश में अभियान चलाकर खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत करायी जायेगी श्री झा आज पटना स्थित भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसके लिये गांव का दौरा करेंगे अब प्रस्तुत है एक भारत श्रेष्ठ अभियान पर हमारी विशेष श्रंखला सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का आयोजन कर रहा है इसका उद्देश्य देश के लोगों विभिन्न समुदायों और राज्यों के बीच सदियों पूराने संबंधों को उजागर करना तथा भारत के लोगों की एकता और अखंडता को दर्शाना है देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरूआत की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस अभियान के माध्यम से देश के विभिन्न राज्य के लोगों को एक दूसरे की कला और संस्कृति को समझने का मौका मिलता है

वहां के रीति रिवाज वहां का खानपान वहां का रहन सहन वहां के गीत संगीत वहां की कला एक भारत श्रेष्ठ भारत है इसी अभियान के तहत आज से गया में तीन दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर का शुभारंभ हुआ इसके तहत मिजोरम और त्रिपुरा के युवा कलाकार सांस्कृतिक कार्यकमों की प्रस्तुति देंगे गौरतलब है कि पूर्वोत्तर के ये दोनों प्रदेश इस अभियान के तहत बिहार के जोड़ीदार राज्य बनाये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार तेईस फरवरी को पूर्वाह्न ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध होगा इसके अलावा यह कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय आकाशवाणी और द्रदर्शन के यू ट्यूब चैनलों पर भी सुना जा सकता है मन की बात के प्रसारण के तुरंत बाद मैथिली में इसका अनुवाद आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से प्रसारित किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली में दोबारा रात्रि आठ बजे से सुना जा सकता है भाकपा माले ने कहा है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पार्टी के विधायक नागरिकता संशोधन कानून सीएए नागरिकता पंजीकरण रजिस्टर एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का पुरजोर विरोध करेंगे इस संबंध में विधायक दल के नेता महबूब आलम की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल और परसों प्रदेश में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है मौसम विज्ञान कोन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य को अधिकतर भागों में अगले तीन दिनों तक बादल छाये रहेंगे और इस दौरान दस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से पूरबा हवा चलेगी इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाये रहे पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में अपराधियों ने आज एक निजी फायनांस कंपनी से दो लाख इक्यासी हजार रूपये लूट लिये जानकारी के मुताबिक पांच अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया जमुई पुलिस ने कुख्यात नक्सली धर्मा पासवान को आज लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर चौक से गिरफ्तार कर लिया

कहा सेना लैंगिक समानता का सम्मान करती है बक्सर में टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान के जांच केन्द्र का उद्घाटन